अधिनियम में केवल विशिष्ट प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये बीएमपी को दिये गये हैं सीमित अधिकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा

सबसे अधिक चौहत्तर मामले पटना में दर्ज किये गये

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार विशेष सशस्त्र पूलिस अधिनियम से राज्य की केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों पर निर्भरता कम होगी पटना में संवाददाताओं से बातचीत में प्रलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने कहा कि इस विधेयक में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आम लोगों के हित में नहीं हो श्री सिंघल ने कहा कि नये विधेयक से राज्य को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये अब केन्द्रीय बलों पर निर्भर नहीं रहना होगा राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी श्री सिंघल ने कहा कि नये बल की जहां प्रतिनियुक्ति की जायेगी सिर्फ उसी जगह उन्हें बिना वारंट के तलाशी या गिरफ्तारी का अधिकार होगा अन्य जगहों पर यह व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी

इस विधेयक में सैन्य पुलिस यानी बीएमपी को सीआरपीसी के तहत बहुत ही सीमित अधिकार दिये गये हैं इसे लेकर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए

देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र पंजाब और केरल से हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमित नहीं होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है इसके बिना उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी इसके साथ ही ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है स्टेशनों पर रैंडम तरीके से एंटीजन टेस्ट करवाने की भी व्यवस्था की गयी है श्री कुमार ने बताया कि नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण पश्चिमी चम्पारण सीतामढ़ी मध्रबनी सुपौल अररिया और किशनगंज जिले में जांच बढ़ा दी गयी है नेपाल से आने वाले लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने पर एंटीजन जांच करवाने की व्यवस्था की गयी है इधर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से अपने घरों में रहने और सीमित संख्या में ही किसी सार्वजनिक आयोजन में भाग लेने की अपील की है पटना में विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने होली और शबे बारात को देखते हुए अधिकारियों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में सत्ताईस जिलों से कोविड उन्नीस के एक सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक चौहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं गया से ग्यारह और अररिया से दस पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी अवधि में पैंसठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख इकसठ हजार छह सौ अड़तालीस है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत है वहीं कल प्रदेश में कोविड से दो मरीजों की मौत हुई जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ पैंसठ हो गयी है फिलहाल सात सौ छब्बीस मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक पटना से तीन सौ बावन मामले हैं प्रदेश में अब तक बाईस लाख बीस हजार सतासी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अठारह लाख बारह हजार उनतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख आठ हजार अड़तालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशनधारक यदि कोविड का टीका लगवाते हैं तो उनका टीका स्थल पर ही जीवन प्रमाणीकरण हो जायेगा और इसके लिये उन्हें प्रखंड कार्यालय नहीं जाना होगा केन्द्र सरकार पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए एक अप्रैल से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है पहली जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले जन्मे सभी लोग यह टीका लगवा सकते हैं चाहे उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविन व्यवस्था के तहत टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है

लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है सरकार के पास एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो नियमित तौर पर टीके के आवंटन कुल खपत और रोष खुराक और पुनरू आपूर्ति की आवश्यकता की निगरानी करती है

कोविशिल्ड की दो खुराक के बीच के समय अंतराल को मौजूदा चार से छरू सप्ताह से बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है चार से आठ सप्ताह के इस विस्तारित सयम अंतराल में अगर टीका छरू से आठ सप्ताह के बीच लिया जाता है तो सुरक्षा अधिक होगी लेकिन आठवे सप्ताह के बाद नहीं दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है

समाज में वायरस जितना कम दबाव सप्रेस द चेंज ऑफ ट्रांसमिशन आप जितना सप्रेस करेंगे वायरस हमारे देश और धरती के ऊपर उतना ही कम रेप्लिकेट होगा रेप्लिकेट कहा होता है हवा में या मिट्टी में नहीं होता हमारे अंदर आके होता है तो हम अगर वायरस से अपने आपको बचाते हैं तो इरीटेशन्स भी नहीं होंगी इरीटेशन्स को बचाने का भी एक ही तरीका है कि वायरस को सप्रेस करिए इसको दबाइए और वही स्टेटर्जी है जो कि हमें इन प्रदेशों में लागू करने है सब जगह लागू करने हैं कोविड अप्रप्रिएट विहेवियर को अपनाकर ये मास्क जो है ये लगभग उतना ही कारगर है जितना कि दुनिया का बेस्ट वैक्सीन जो हम बना रहे हैं वो निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपूर के बिथान के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को उनके कार्यालय में दस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अधिकारी एक शिक्षक के बकाया वेतन के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था रोहतास जिला स्थित एम पी एम एल ए की विशेष अदालत ने जदयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को अठारह साल पूराने एक आपराधिक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे बिहार क्रिकेट लीग टी ट्वेंटी प्रतियोगिता के फाईनल में पटना पायलट्स ने अपना स्थान पक्का कर लिया है आज खेले गये पहले सेमीफाईनल में पटना पायलट्स की टीम ने अंगिका एवेंजर्स को सत्रह रनों से पराजित किया सेमीफाईनल का दूसरा मुकाबला दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स की टीम के बीच अभी खेला जा रहा है फाईनल मुकाबला कल खेला जायेगा प्रदेश में परंपरागत खेती से हटकर क्छ किसान अब नया करने में लगे हैं इसी में शामिल है फूलों की खेती जो किसानों के लिये मुनाफे का सौदा बन रही है पूर्णिया जिले के चिकनी पंचायत के लगभग पचास किसानों ने फूलों की खेती को अपनाया है स्थानीय बाजार में इन फूलों की काफी मांग है

किसान विजय कमार कहते हैं कि उन्होंने अपने खेत में गेंदा के फलों की खेती की है जो अच्छा मुनाफा दे रही हैं

अन्य किसान भी फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिये सविता पारीक कटिहार जिले के रौशनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत लावा गांव में पुलिस ने अपनी पत्नी और दो बच्चियों को जिंदा जलाकर मार देने के आरोपी मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है ताहिर ने आज सुबह घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेनुआज मठिया गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी इधर बांका जिले के रजौन रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी मधेपुरा जिले के घैलाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्ती गांव में एक ईंट भट्ठा की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है इधर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इसाढ़ी गांव में अपराधियों ने लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव प्रेमचंद यादव को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया

नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बक्सर जिला प्रशासन की ओर से गंगा स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गयी

अधिनियम में केवल विशिष्ट प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये बीएमपी को दिये गये हैं सीमित अधिकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा

सबसे अधिक चौहत्तर मामले पटना में दर्ज किये गये